मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा सरकार कोरोना संक्रमण के हालातो पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए मास्क लगाने के साथ ही दो गज की दूरी का पालन करें और समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें

वैक्सीन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास अभी भी एक करोड छह लाख से अधिक वैक्सीन बची हैं

मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अगले तीन दिनों के भीतर बीस लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है चारधाम यात्रा राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार ने श्रद्वालुओं की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बताया कि धामों के कपाट निर्धारित समय पर ही खुलेंगे और तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ कर सकेगें पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी धामों में केवल तीर्थ पुरोहितों को ही नियमित पूजा पाठ की अनुमति होगी इस दौरान किसी को भी चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी इस दौरान स्थानीय लोग भी मंदिरों में पूजा पाठ के लिए नहीं जा सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे है और प्रदेश में भी लगातार कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है इस लिए सरकार ने जरूरी सजगता दिखाते हुए चारधाम यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है आयात अनुमति केन्द्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की रिथिति के कारण बढती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रकिया तेज कर दी है

नये प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा उपभोक्ता कार्य विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया जो तीन महीने तक लागू रहेगा

यह अस्पताल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से बनाया जायेगा मेडिकल कॉलेज परिसर में बनने वाले इस अस्पताल से मरीजों को काफी राहत मिलेगी और कोरोना मरीजों को तत्काल इलाज मिल सकेगा अस्पताल बनाने की तैयारियों की बीच आज डीआरडीओ की तीन सदस्यी टीम ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया और अधिकारियों व प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श किया मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज परिसर के बड़े मैदान में बनाया जायेगा

उन्होने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी

यह स्वीकृति प्रदान करने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विधायको को विधायक निधि से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोविड रोकथाम सम्बंधी जरुरी व्यवस्थाओं पर एक करोड़ रुपए तक खर्च करने की बात कही मुख्यमंत्री ने सभी विधायको ं से अपेक्षा की है कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे और विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोविड की जंग जीतने में मदद करेंगे